संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज से शुरू हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद के दोनों सदनों में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है आज सवेरे संसद से बाहर श्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मांगा है प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों सदनों की कार्यवाहो सुचारू रूप से चलेगी और सदस्य हर मुद्दे पर खुले दिल से व्यापक चर्चा करेंगे बाइट सभी का यह प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाए लोकहित का कर पाए देशहित का कर पाए मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढेंगे हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो खुल करके चर्चा हो तेज तर्रार चर्चा हो तीखी तमतमती चर्चा हो लेकिन चर्चा तो हो और इसलिए हमारी यह गुजारिश रहेगी हमारा आग्रह रहेगा ये सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करे सारे महत्वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी पूर्व संसदीय कार्यमंत्री अनन्त कुमार और अन्य दिवंगत सदस्यों का श्रद्धांजलि देने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सोलह प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी बैठक में अमृत योजना के तहत आगरा में सीवरेज योजना के लिये तीन सौ तिरपन करोड़ रूपये के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पास हुआ है प्रयागराज के साथ आगरा मथुरा और वाराणसी में पर्यटन विकास के लिये हेलीकाप्टर सेवा संचालन को हैलीपैड बनाने के लिये जमीन देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की बैठक में हेल्थ वर्कर्स की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है इसके तहत अब एएनएम पद पर भर्ती के लिये न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गई है बैठक में स्कूल वैन और स्कूल बसों के लिये मोटर नियमावली में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव भी पारित हो गया है इसके तहत वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने ड्राइवरों की आई टेस्टिंग और वाहन पार्किंग स्थलों पर कैमरे लगाने तथा ओवर लोडिंग रेग्युलेशन में संशोधन किया गया है कैबिनेट ने प्रदेश के अन्त्योदय श्रेणी लाभार्थियों के लिय चीनी की खरीद रिवर्स ई आक्शन की प्रक्रिया से किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है कैबिनेट में पारित किये गये अन्य प्रस्तावों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड बैंगलुरू द्वारा लखनऊ में रिसर्च सन्टर स्थापित किया जायेगा इसके लिये पटटे पर जमीन दिये जाने का प्रस्ताव बैठक में मंजूर कर लिया गया है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जुर्माना भरे जाने के बाद ही वो याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा की बात सुनेगी भाजपा सांसद वरूण गांधी ने कल सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में तीन करोड़ रूपये की लागत से निर्मित अत्याधूनिक महिला व बाल केयर विंग का शुभारम्भ किया इसके साथ ही उन्होंने जिले में कई विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया जिले के एक दिवसीय दौरे पर आये श्री वरूण गांधी ने एक अन्य कार्यक्रम में दिव्यांगों को एक सौ दो ट्राई साइकिले वितरित की इस अवसर पर वरूण गांधी ने स्वलिखित पुस्तक ए रूरल मैनिफैस्टो का विमोचन भी किया उन्होंने कहा कि जाति धर्म और क्षेत्रीयता की दीवारों ने हमारे समाज को विभाजित कर दिया है

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिये रोजगार एक बड़ी समस्या है और इसके लिये राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार नीति बनाये जाने की आवश्यकता है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाल के तृतीय संस्करण का शुभारम्भ किया इसके तहत प्रदेश के ग्राम पंचायतों में किसान पाठशाला का आयोजन किया जायेगा इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी के साथ साथ जल संसाधन एवं उपजाऊ भूमि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है जरूरत है कि कृषकों को इन योजनाओं के प्रति जागरूक करने की मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिये किये गये कार्यो के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ सालों में प्रदेश में पौने दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के गन्ना के बकाये का भुगतान किया गया है तथा गेहूं एवं धान की खरीद सरकार के द्वारा की जा रही है प्रदेश सरकार ने पहली बार मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते ह मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने भी लोगों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस किसान पाठशाला के तहत आधुनिक कृषि तकनीक तथा उत्पादन बढ़ाने के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिये प्रदेश भर में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जायेगा कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र तथा सोलर पम्प उपलब्ध कराये जा रहे है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मछली पालन तथा पोल्ट्री फार्म की अपार संभावना है कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किये जा रहे कार्यो से दो हजार बाईस तक प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी से भी ज्यादा होगी इस अवसर पर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सहकारिता मंत्री कृषि राज्य मंत्री समेत कृषि विभाग के कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे उच्चतम न्यायालय ने आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न की जाए न्यायाधीश मदन बी लोकुर की पीठ ने पूलिस को निर्देश दिया है कि दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों में जिनमें आरोपी नाबालिग हो उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष चन्द्रभूषण पालीवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है श्री पालीवाल ने बताया कि उन्होंने निजी कारणों से इस्फीफा दिया है उल्लेखनीय है कि यह आयोग काफी समय से नियुक्तियों को लेकर विवादों में रहा है पिछले जनवरी माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आयोग का पुनर्गठन किया गया था इसके बाद चन्द्रभूषण पालीवाल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्रो फसल बीमा योजना का ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये हैं योजना के अन्तर्गत सभी पात्र कर्जदार किसानों को अनिवार्य बीमा कवरेज दिये जाने के साथ ही गैर कर्जदार किसानों की भी योजना में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिय गये हैं प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जनपद में किसानों की कुल संख्या के कम से कम पांच प्रतिशत किसानों को गैर कर्जदार किसान के रूप में बीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में कुल बोये गये क्षेत्रफल के पचास प्रतिशत क्षेत्र को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अयोध्या जनपद में होने वाले सीनियर राज्य महिला हैंडबाल चैम्पियनशिप एवं राज्य आमंत्रण पुरूष हैंडबाल प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है यह कार्यक्रम जिले के उर्मिला कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट के प्रांगण में बारह से पन्द्रह दिसम्बर तक आयोजित किया जायेगा इस प्रतियोगिता में प्रदेश की बाईस महिला एवं चौदह पुरूष टीमें प्रतिभाग कर रही है